मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल ने जल व स्वच्छता उर्जा उद्योग और अन्य सामाजिक सेवा क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पोषण और लिंग समानता में बेहतर प्रदर्शन किया है

इसी कड़ी में पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप की मौजूदगी में कल अनुसंधान केन्द्र के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए

इस अवसर पर कुल्लू के बंजार क्षेत्र के दुर्गम गांव फगौला की बेटी व राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रंजना ठाकुर को ठाकुर वेदराम राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने टैक्स घोटाले और मौसम से से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

मौसम से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है सूबे में बर्फबारी से हो सकता है नए साल का स्वागत

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शीतलहर का प्रकोप जारी आज से बर्फबारी